कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों का खुले मन के साथ सही हल ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे मुख्मयंत्री बैठक प्रदेश भाजपा की बैठक कल देर शाम वर्च्अल माध्यम से संपन्न हुई जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर आए यह भाजपा का प्रयास रहेगा उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों की देख रेख के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन कर लिया है

कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ेगा भानुपल्ली लेह मार्ग बोध गया सारनाथ सबरूम से लेकर लाहौल और लद्दाख की मोनेस्ट्री तक रेलमार्ग से जा सकेंगे हिमाचल दस्तक की खबर है पंचायत चुनावों की घोषणा आज संभव घोषणा के साथ लग सकती है आचार संहिता दिव्य हिमाचल की सुर्खी है आज पंचायत चुनाव का बिग़ल बजने के आसार पुलिस की दबिश पर अमर उजाला का शीर्षक है कसोल में देर रात रेव पार्टी पुलिस ने तीन लोग पकड़े

आपका फैसला के शब्द हैं कुल्लू में रेव पार्टी पर पुलिस की दबिश तीन लोग गिरफ्तार

आईस स्केटिंग रिंक में शाम का सेशन शुरू होने से बढ़ी स्केटर्स की संख्या दैनिक भास्कर ने सचित्र प्रकाशित किया है आपका फैसला ने लिखा है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल देशभर में प्रथम नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है जोश में फिसली कांग्रेस नेता की जुबान प्रत्याशी के पक्ष में बोले प्रचार में गाड़ी बकरा पैसा जो लगेगाहम इनके साथ हैं सुसाइड प्वाइंट पर हादसा सेल्फी लेने के चक्कर में महिला पर्यटक खाई में गिरी दैनिक भास्कर की खबर है अमर उजाला ने शीर्षक दिया है सेल्फी लेते सुसाइड प्वाइंट से गिरी सिरसा की महिला पर्यटक मौत मौसम पर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है पारा लुढ़कने से और बढ़ी ठिठ्रन आधे हिमाचल का तापमान माइनस में पहुंचा डेमोक्रेसी हिमाचल ने लिखा है शिमला में तापमान बढ़ा मैदानी क्षेत्रों से गर्म हुई रातें